उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इनमें राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रशासनिक भवन संयुक्त कार्यालय भवन में निर्मित लिफ्ट का उद्घाटन शामिल है मुख्यमंत्री कांगड़ा गाहलियां और मटौर कोहाला सड़क के सुधारीकरण के भूमि पूजन के अलावा स्वास्थ्य उपकेंद्र जलाड़ी के भवन का शिलान्यास भी करेंगे

इस दौरान लोग वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ बिकी केन्द्र से फास्टैग ले सकते हैं

इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता एकता शिविर नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित देश किया गया है

उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल्लूवी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें कुल्लूवी नाटी प्रमुख है शिविर का मुख्य उद्देश्य युवा कलाकारों को एक बेहतर मंच प्रदान करना है ताकि युवा जिला स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें

कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बिलासपुर से तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे

एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश हल्के बल प्रयोग में छात्रा बेहोश पांच पर केस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं छात्रों ने रोका सीएम का काफिला हंगामा जल्द कम होंगे दाम कंपनियों को तीन सप्ताह का अल्टीमेटम शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है सूबे में महंगे होते जा रहे सीमेंट पर हरकत में सरकार पटवारी भर्ती मामले पर दैनिक जागरण लिखता है सीबीआई ने कब्जे में लिया रिकॉर्ड

दैनिक सवेरा टाइम्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मुख्य साहसिक खेल गंतव्य में बनेगी बीड़ बिलिंग आपका फैसला के शब्द हैं बीड़ बिलिंग बनेगा साहसिक खेल स्थल दिव्य हिमाचल का कहना है बीड़ में चौकी बैजनाथ में जलशक्ति मंडल

अमर उजाला के अनुसार सिरमौर में जनमंच में परोसी बासी धाम गुस्साए लोगों ने छोड़ा खाना

हिमाचल में भर्ती परीक्षार्थियों को अंगूठी ब्रेसलेट पहनने पर रोक दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है पांच स्कूलों को एटीएल स्कूल ऑफ द मंथ का खिताब शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मंडी कांगड़ा हमीरपुर और ऊना के हैं स्कूल